समाचार विस्तार से चुनाव आयोग जम्मूकश्मीर चुनाव आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानासभा चुनाव कराने के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा आयोग ने राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए नियुक्त तीन विशेष पर्यवेक्षकों के साथ कल नई दिल्ली में बैठक की चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि वह नियमित रूप से वास्तविक समय आधार पर सभी महत्वपूर्ण पक्षों से आवश्यक जानकारी भी लेता रहेगा विशेष पर्यवेक्षक एएस गिल नूर मोहम्मद और विनोद जुत्सील जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे इससे पहले आयोग ने राज्य में केवल लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी और वहां विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति के आकलन के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे भाजपा अगप असम में भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद एजीपी ने आगामी लोकसभा चुनाव मिल कर लड़ने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव की उपस्थिति में कल रात यह फैसला लिया गया असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा कार्यकारी अध्यक्ष केशब महंत और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत बिस्व सरमा भी इस बैठक में मौजूद थे हाल ही में असम गण परिषद के तीन मंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया था चुनाव निगरानी बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिये कल भोपाल में निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली श्री राव ने विभिन्न एनफोर्समेंट विभाग को निर्देश दिये कि आचार संहिता के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये और संबंधित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को नियमित रूप से दी जाये श्री राव ने पुलिस बल को निर्देश दिये कि उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाई जाये सीमावर्ती जिलों में निरन्तर चैकिंग अभियान चलाया जाये पुलिस अमले को चैकिंग के दौरान आमजन और महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश दिये जायें आयकर विभाग से कहा गया कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट लगातार सक्रिय रहें और प्रत्येक कार्यवाही की रिपोर्ट भेजें वहीं आबकारी विभाग से सभी जिलों में सख्ती से कार्यवाही कर अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों के परिवहन वितरण और विक्रय पर रोक लगाने को कहा गया है रेलवे को निर्देश दिये गये कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्कैनर लगाकर सामान की जाँच की जाये बैठक में पुलिस नारकोटिक्स आयकर रेलवे बैंक आबकारी विमानपत्तन प्राधिकरण सीआईएसएफ परिवहन दूरदर्शन और आकशवाणी के नोडल अधिकारी शामिल हुए चुनाव तैयारी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गयी है रीवा में कल सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर मजिस्टेटो का प्रशिक्षण कलेक्टरेट सभागार में आयोजित किया गया प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा रूट चार्ट बनाने मतदान केन्द्रों की व्यवस्था दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं मतदाता पर्ची मॉकपोल वीवीपेट के संचालन मशीनों की सीलिंग की भी जानकारी दी गई शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट कान्टेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है

इसपर आम नागरिक निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं वहीं मुरैना में भी यह टोलफ्री नंबर जारी किया गया है पन्ना में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत जांच के दौरान जब्त की जाने वाली सामग्री को जारी करने के लिए समिति का गठन किया गया है उधर खरगोन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल स्थानीय शासकीय महाविघालय में बनाये जाने वाले मतगणना कक्ष की व्यवस्थाओं का मुआयना किया श्योपुर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी वसंत कुर्रे ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी राजनीतिक और भडकाऊ पोस्ट न डाले वहीं खंडवा कलेक्टर विशेष गढपाले ने सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष रहकर निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न कराने के निर्देश दिये हैं

पुलिस कार्यवाही भिंड जिले की नयागांव थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बंदूक और चार कट्टे जब्त किए हैं पुलिस सुत्रों के अनुसार उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे नयागांव थाना क्षेत्र में एक सूचना के आधार पर कल देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की पुलिस को आशंका है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये हथियार असामाजिक तत्वों तक पहुंचाए जाने वाले थे आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है वहीं सिंगरौली जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके कब्जे से आधा किलोग्राम से अधिक गांजा मिला है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है

इसकी प्रतिदिन उड़ान रहेगी एयर इंडिया ने तारीख और समय का शेड्यूल प्रस्ताव जारी कर उड़ान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन से कहा है

इसके बाद डीजीसीए की अनुमति मिलते ही फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो जाएगी किराए की जानकारी भी बुकिंग के साथ ही तय होगी इंदौर से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान एयर इंडिया दिल्ली से शुरू करेगा फ्लाइट दिल्ली से इंदौर आएगी यहां से शारजाह जाएगी शारजाह के लिए पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के साथ ही इंदौर को दिल्ली के लिए भी एक और फ्लाइट मिल जाएगी इंदौर से शारजाह के लिए अभी यात्री दिल्ली या मुंबई होकर जाते थे इंदौर सहित प्रदेश से बड़ी संख्या में व्यापारियों का दुबई आना जाना भी है

सीबीएसई सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिये बनाये सख्त नियमों में बदलाव किया है सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थी अब परीक्षा हाल में पानी के बोतल भी ले जा सकेंगे और परीक्षा के दौरान वे घड़ी भी पहन सकेंगे परीक्षार्थियों से फीडबैक के बाद यह बदलाव किया गया है सख्त नियमों में चलते पिछले वर्ष परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था पुल क्षतिग्रस्त शिवपुरी जिले के छरच में सात करोड़ रूपयों की लागत से बना पुल उदघाटन के लगभग तीन माह बाद ही क्षतिग्रस्त होने के मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एम एस जादौन को निलंबित कर दिया गया है

यह पुल बहने के लगभग तीन माह पहले ही शुरू हुआ था किकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच दिन में डेढ़ बजे शुरु होगा दोनों ही टीमें दो दो मैच जीत कर बराबरी पर हैं